लखनऊ स्थित अपने आवास पर आज आयोजित एक बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुये मुख्यमंत्री ने समी सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को कृषि किसान कल्याण तथा ग्राम्य विकास से जुड़े कार्यो के संचालन में तेजी लाने का निर्देश दिया उन्होंने कृषि उत्पादन आयुक्त को निर्देश दिया कि वह नाबार्ड से समन्वय बनाकर कृषि अवस्थापना उद्यान सहकारिता और सिंचाई से जुड़े कार्यो के लिये अधिक से अधिक धनराशि प्राप्त करें श्री योगी ने कहा कि सहकारी समितियों को सुदुढ़ बना कर उनके माध्यम से किसानों के लिये बीज और खाद जैसी जरूरी कृषि निवेशों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय उन्होंने सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्रता से पूर्ण करने के लिये समय से धनराशि निर्गत कराने के निर्देश भी दिये बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह और जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेन्द्र सिंह के अलावा मुख्य सचिव आर के तिवारी भी मौजूद रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में हर तरह के उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिये नियम और व्यवस्था को आसान बना रही है अपने लखनऊ स्थित आवास पर आज लघु छोटे तथा मध्यम उद्योग की इकाइयों के संचालकों को ऋण प्रदान करते हुये उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि छोट और मझोले उद्योगों के समस्याओं का निराकरण हर हाल में किया जाय उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने लघु छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये तीन लाख करोड़ रूपये का पैकेज दिया है जिसका भरपूर इस्तेमाल कर राज्य सरकार उद्यमियों की समस्या को दूर कर रही है प्रदेश में विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक कोटे की ग्यारह सीटों के लिए मतगणना चल रही है आज देर शाम तक परिणाम आने की संभावना है इस चुनाव में एक सौ निन्यानवे उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा इन सभी सीटों पर इस महीने की पहली तारीख को मतदान हुआ था विधान परिषद की जिन ग्यारह सीटों के लिए मतगणना हो रही है उनमें से पांच खंड स्नातक और छह सीटें खंड शिक्षक क्षेत्र की हैं खंड स्नातक क्षेत्र की सीटें हैं लखनऊ आगरा मेरठ वाराणसी और इलाहाबाद झांसी रिक्षक क्षेत्र की सीटें हैं लखनऊ आगरा मेरठ वाराणसी बरेली मुरादाबाद और गोरखपुर फैजाबाद क्षेत्र भारत ने कोविड की रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है देश में कल लगातार छब्बीसवें दिन पचास हजार से कम लोग संक्रमित हुए पिछले चौबीस घंटों के दौरान पैंतीस हजार पांव सौ लोग संक्रमित हुए जबकि लगभग इकतालिस हजार रोगी स्वस्थ हुए अब तक लगभग नबे लाख मरीज स्वस्थ हो चुके हैं जिससे स्वस्थ होने की दर चौरानबे दशमलव एक एक प्रतिशत तक पहुंच गई है कोविड से स्वस्थ लोगों की संख्या उपचार करा रहे रोगियों से बीस ग्ना अधिक है देश में संक्रमण की दर अब चार दशमलव पांच प्रतिशत रह गई है देश में अब कुल चार लाख बाईस हजार नौ सौ तैंतालिस मरीजों का ईलाज चल रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि मृत्यु दर में भी कमी आई है और यह केवल एक दशमलव चार पांच प्रतिशत रह गई है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड के प्रसार को रोकने के लिए बाजारों में ऐहतियाती उपायों से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी की हैं इसके अनुसार कोरोना क्षेत्र में बाजार बंद रहेंगे पैंसठ वर्ष से अधिक आयु के लोग गर्भवती महिलाएं और दस साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है जिन जगहों पर बाजार खुले रहेंगे वहां दुकानों को पहले से ही सेनेटाइज करना अनिवार्य होगा दुकानों के प्रवेश द्वार पर सेनिटाइजर रखना भी अनिवार्य होगा दुकानों के अंदर और बाहर कम से कम छह फीट की दूरी बनाए रखने के लिए निशान बनाने की सलाह दी गई है आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस है इस वर्ष की थीम है कोविड नाइन्टीन के बाद दिव्यांग जनों के लिए समावेशी सुलभ और टिकाऊ दनिया का निर्माण आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के उपनिदेशक सतोषी सासाकी ने कहा कि यह दिवस दिव्यांग जनों की कठिनाईयों को दूर करने के विश्व समुदाय के दृढ़ संकल्प का दिन है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि हमें दिव्यांगजनों के प्रति सहानुभूति और आदर रखना चाहिए देश आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित कर रहा है इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने देश की नीतियां बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि स्वाधीनता संघर्ष और संविधान निर्माण में डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद की भूमिका अतुलनीय है सांसदों ने भी आज देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को श्रद्वांजलि अर्पित की